भाजपा ने बिहार से चुनाव लड़ने वाले सत्रह उम्मीदवारों का नाम तय किया

प्रदेश में अलग अलग दुर्घटना में एक दर्जन से अधिक लोगों की मौत

महागठबंधन के घटक दलों के बीच सीटों का बंटवारा आज किया जायेगा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने इस बात की पूष्टि करते हुए कहा है कि महागठबंधन के सभी घटक दल एकजुट हैं इसके लिए राजद नेता तेजस्वी यादव को उम्मीदवारों की घोषणा करने के लिए अधिकृत किया गया है आज दोपहर बाद महागठबंधन के घटक दलों के नेताओं की उपस्थिति में संयुक्त रूप से उम्मीदवारों की घोषणा की जायेगी भारतीय जनता पाटी के केन्द्रीय समिति ने बिहार के सत्रह उम्मीदवारों के नाम तय किये हैं राज्य के चुनाव समिति को सूची भेज दी गयी है हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि एनडीए के घटक दल जदयू और लोजपा के साथ संयुक्त रूप से भाजपा उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करेगी वहीं जदयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा है कि उनकी पार्टी उम्मीदवारों के नामों की घोषणा चौबीस मार्च को करेगी इधर लोक जनशक्ति पार्टी संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा है कि सभी उम्मीदवारों के नाम तय कर लिये गये हैं केवल औपचारिक घोषणा की जानी बाकी है प्रदेश में ग्यारह अप्रैल को प्रथम और अठारह अप्रैल को दूसरे चरण के लिए हो रहे लोकसभा के चूनाव के लिये अब तक पन्द्रह उम्मीदवारों ने नामांकन का पर्चा दाखिल किया है राज्य के अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजय कुमार सिंह ने बताया है कि प्रथम चरण के औरंगाबाद और गया लोकसभा क्षेत्र के लिए ग्यारह तथा नवादा के लिए दो उम्मीदवारों ने पर्चा दाखिल किया है श्री सिंह ने बताया है कि दूसरे चरण के लिए कटिहार से दो और बांका तथा पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र से एक एक उम्मीदवारों ने पर्चा दाखिल किया है नवादा विधानसभा उपचुनाव के लिए अब तक कोई भी नामांकन पत्र नहीं भरा गया है पहले चरण के लिए नामांकन की अंतिम तिथि पच्चीस मार्च है जबकि दूसरे चरण के लिए उम्मीदवार छब्बीस मार्च तक नामांकन कर सकते हैं उल्लेखनीय है कि प्रथम चरण में ग्यारह अप्रैल को औरंगाबाद गया नवादा जमुई और दूसरे चरण में अठारह अप्रैल को किशनगंज कटिहार पूर्णिया भागलपुर और बांका लोकसभा क्षेत्र में वोट डाले जाएंगे पहले चरण के लिए बिहार दिवस की छूट्टी के कारण आज कोई भी नामांकन नहीं दाखिल किया जायेगा निर्वाचन आयोग ने नवादा संसदीय क्षेत्र में दिव्यांग वोटरों को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए विनय कुमार सिन्हा को दिव्यांगों का जिला आइकॉन बनाया है जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी श्रीनिवास ने बताया कि दोनों हाथ और एक पैर से दिव्यांग विनय सिन्हा प्रखंड के कचहरियाडीह गांव में घर घर जाकर वोटिंग के लिए अपील कर रहे हैं इस गांव के अस्सी प्रतिशत लोग दिव्यांगता के शिकार है जिलाधिकारी कौशल कुमार ने बताया कि दिव्यांग वोटरों को मतदान केन्द्र तक पहुंचने के लिए व्हील चेयर की व्यवस्था भी की जाएगी चालू वित्तीय वर्ष दो हजार अठारह उन्नीस के अंतिम सप्ताह में सभी कोषागारों से की जाने वाली बड़ी राशि की निकासी की निगरानी और अवैध निकासी पर अंकुश लगाने के लिए विभिन्न स्तरों पर विशेष टीम गठित की गयी है इस संबंध में निगरानी विभाग ने राज्य के सभी प्रमंडलीय आयुक्तों को निर्देश जारी किया है भोजपुर जिले के कोइलवर थाना क्षेत्र में कायमनगर पुल के पास राष्ट्रीय उच्चपथ संख्या तीस पर एक वाहन के अनियंत्रित हो कर पलटने से चार लोगों की मौत हो गयी वहीं दो अन्य घायल हो गये इधर पटना जिले के बाढ़ थाना क्षेत्र के गुलाबबाग में हुई सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गयी औरंगाबाद जिले के दाउदनगर में स्थित नहर में नहाने के दौरान पांच युवकों की गहरे पानी में ड्रबने से मौत हो गई अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राजकुमार तिवारी ने बताया कि सभी मृतकों के परिजनों को राज्य सरकार की ओर से चार चार लाख रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान की गई है सुपौल जिले के किसनपुर थाना क्षेत्र के सिंगीयौन चौक के पास अपराधियों ने एक ग्रामीण की गोली मारकर हत्या कर दी तथा प्राथमिक कृषि साख समिति अध्यक्ष को घायल कर दिया नवादा जिले में नरहट थाना क्षेत्र के खनवां गांव में जहरीली शराब पीने से एक शिक्षक की मौत हो गई पुलिस सूत्रों ने बताया कि खनवां निवासी शिक्षक मोरध्वज प्रसाद की जहरीली शराब पीने के कारण मौत हो गई है मुंगेर जिले में बरियारपुर थाना क्षेत्र में करीब एक सप्ताह पूर्व बंधन बैंक के कर्मचारी से चालीस हजार रुपये लूट मामले में प्रलिस ने चार लूटेरों को गिरफ्तार कर लिया है वैशाली जिले के महुआ थाना क्षेत्र के शाहपुर गांव में छेड़खानी का विरोध करने पर एक व्यक्ति की पीट पीटकर हत्या कर दी गयी बिहार दिवस के मौके पर आज से चौबीस मार्च तक राजधानी पटना समेत प्रदेशभर में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है मुख्य कार्यक्रम आज पटना के श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित होगा इसके अलावा जिला मुख्यालयों में भी बिहार दिवस के मौके पर अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है इधर रोहतास जिले में इस अवसर पर प्रभात फेरी निकाली गयी इस मौके पर राज्यपाल लालजी टंडन ने अपने संदेश में कहा है कि बिहार शिक्षा शांति सुसंस्कृति साधना अहिंसा और समरसता की पावन भूमि है उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक सांस्कृतिक सामाजिक दार्शनिक और शैक्षणिक सहित विभिन्न दृष्टियों से गौरवशाली बिहार राज्य निरंतर विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है होली के अवसर पर यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए रेलवे कई विशेष ट्रेनों का परिचालन कर रहा है पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी राजेश कुमार ने बताया है कि बरौनी से नई दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन के लिए तेईस और चौबीस मार्च को विशेष ट्रेने चलाई जाएगी वहीं दरभंगा से हावडा के संतरागाछी स्टेशन के लिए विशेष ट्रेन का परिचालन आज तक किया जाएगा दरभंगा से यह विशेष ट्रेन शुक्रवार दोपहर एक बजकर पचास मिनट पर खुलकर अगले दिन सुबह आठ बजकर पैंतालीस मिनट पर संतरागाछी पहुंचेगी क्लेट दो हजार उन्नीस की परीक्षा की तिथि में बदलाव किया गया है अब यह परीक्षा बारह मई की जगह छब्बीस मई को होगी साथ ही क्लेट के लिए ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि भी बढ़ा दी गयी है देश के लगभग बीस राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की कुलपतियों की बैठक में यह निर्णय लिया गया बीसीसीआई की ओर से आयोजित और बिहार क्रिकेट एसोसिएशन की देखरेख में सत्ताईस से तीस मार्च तक पटना में स्कोरर कोर्स का प्रशिक्षण दिया जायेगा इधर बीसीए की ओर से राज्य के विभिन्न जिलों में चल रहे हेमन ट्राफी अंतर जिला क्रिकेट टूर्नामेंट में तीन जोन की नॉक आउट टीमें तय हो गयी है इसके तहत सेंट्रल जोन में जहानाबाद और नालंदा के बीच मुकाबला पच्चीस मार्च से शुरू होगा इसकी मेजबानी वैशाली जिला क्रिकेट संघ करेगा

भाजपा ने बिहार से चूनाव लड़ने वाले सत्रह उम्मीदवारों का नाम तय किया

प्रदेश में अलग अलग दुर्घटना में एक दर्जन से अधिक लोगों की मौत